आ भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उधायों का संकल्ध लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें किसान सम्मेलन म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि कृषि सुधार कानून किसानों के हित में लाये गये कानुन है किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर यह एक बड़ा कदम है मुख्यमंत्री ने हरिदवार में किसान सम्मेलन में वर्च्अल माध्यम से प्रतिभाग किया उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानून के माध्यम से किसानों को स्वतंत्रता प्रदान की गयी है अब किसान को जहां अच्छा मूल्य मिलेगा वहां अ नी फसल बेचेगा मूख्यमंत्री ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रि ोर्ट के आधार र यह कानून बनाये गये हैं जो किसानों के व्या क हित में हैं इसमें किसानों के लिए अनेक विकल्ध रखे गये हैं उन्होंने बताया कि श्हले केवल मण्डी ही किसानों से खरीदारी करती थी लेकिन आज उसके लिए ओ न मार्केट की व्यवस्था की गई है उन्होंने स्थष्ट किया कि एमएसपी समाप्त नहीं की जा रही है

इसके साथ ही एमएसपी प्र खरीद को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है इस अवसर प्र ऋषिक्ल मैदान से लेकर जटवाड़ा प्र्ल तक ट्रैक्टर रैली का आयोजन भी किया गया जिसे मुख्यमंत्री ने वर्च्अली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया रैली में जिले के सभी भाज ा विधायक शामिल हुए इस मौके र कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि भाज किसानों के बीच जाकर रैली और गोष्ठियों के माध्यम से उन्हें समझाने का लगातार प्रयास करेगी कोविड टीका सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस टीकों की किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया से नि टने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण के बाद क्छ प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है इन दिशा निर्देशों के अन्सार प्रत्येक टीकाकरण सत्र में सीमित संख्या में टीकाकरण किए जाएंगे

स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर संभावना से नि टने के लिए तैयार रहने को कहा है और उनसे प्रत्येक ब्लॉक में इस समस्या से नि टने के लिए कम से कम एक केंद्र स्था ित करने के लिए कहा है

उन्होंने स्वास्थ्य और अन्य सम्बन्धित विभागों को वैक्सीनेशन के कार्य को गम्भीरता से लेने के निर्देश दिये उन्होंने म्ख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि वैक्सीन वैन वैक्सीन को स्टोर करने और डी फ्रिजर जैसी व्यवस्था प्री करने को कहा

उन्होंने कहा कि इस दौरान अगर कोई व्यक्ति ॉजिटिव ाया गया तो उसके लिये भी बूथ स्तर प्रर अतिरिक्त आवश्यक व्यवस्था की जाए

अनिल बलनी उतराखंड से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता शार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलनी ने आज केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात कर प्रदेश की दूरसंचार समस्याओं को लेकर चर्चा की कुछ दिन हले सांसद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता से मोबाइल नेटवर्क और टावर की समस्याओं से जुड़े सुझाव मांगे थे जिसमें प्रदेश भर से उन्हें सुझाव मिले चीन और ने ाल बॉर्डर के दूर्गम र्वतीय क्षेत्रों और नगरों से नागरिकों ने मोबाइल की कनेक्टिविटी समस्या से उन्हें अवगत कराया आज सांसद बलूनी लगभग दो सौ समस्याओं को सूचीबद्ध करके केंद्रीय द्रसंचार मंत्री से मुलाकात की उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार प्र इन समस्याओं को इसलिए भी सुलझाया जाना आवश्यक है क्योंकि उत्तराखंड विषम भौगोलिक रिस्थिति वाला राज्य है जहां द्रसंचार की अधिक महत्व है उन्होंने कहा कि विशेषकर ऑनलाइन ढ़ाई कर रहे बच्चों को समस्याओं का सामना करना ड़ रहा है केंद्रीय द्रसंचार मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी संबंधित अधिकारियों को इन सभी समस्याओं को प्रेषित कर एक निश्चित समय में समाधान करने का निर्देश देंगे मुख्य सचिव कुंभ म्ख्य सचिव ओमप्रकाश ने हरिद्वार महाकृंभ मेले को व्यवस्थित स्रक्षित शान्तिप्र्ण और सहज तरीके से सं ादित करवाने निर्देश दिये हैं

उन्होंने निर्माण कार्यो और इससे सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को सं ादित करने के लिए गंगा सभा समिति का अनुमोदन लेने और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील कार्यों में प्लिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हए कार्य करने के निर्देश दिये पलायन योग बैठक म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि ग्राम्य विकास एवं लायन आयोग को राज्य से लायन रोकने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये थिंकटैंक के रू में काम करना होगा उन्होंने कहा कि आयोग के सदस्यों के अनुभव राज्य के समग्र विकास में उप्योगी होंगे

उन्होंने कहा कि आयोग के सुझावों प्रर राज्य सरकार नीतिगत निर्णय ले रही है

राज्य ाल बेबी रानी मौर्य ने अ ने संदेश में कहा कि विजय दिवस भारतीय सेना के शौर्य और राक्रम का प्रतीक है

म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में शहीद स्मारक शर श्ष्थचक्र अर्थित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी

भारत की सुरक्षा और विश्व के इतिहास में यह एक महत्वप्र्ण दिन है उन्होंने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के शौर्य प्राक्रम और मान को स्थापित करता है

अल्मोड़ा के शहीद चौक में विधानसभा उपाध्यक्ष रघ्नाथ सिंह चौहान जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया समेत अन्य अधिकारियों ने भारत शाक यूदध के शहीदों को श्ष्पचक्र अर्पित किया

उधमसिंह नगर में भी विजय दिवस श्रद्धा र्वक मनाया गया मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय पुलिस लाईन में स्थित शहीद स्मारक स्थल प्र आयोजित हुआ